इन गाड़ियों में लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूर तीर्थयात्री पर्यटक और विद्यार्थियों को गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा ये विशेष ट्रेने संबंधित राज्यों के अनुरोध पर दो स्टेशनों के बीच मानकों का पालन करते हुए चलायी जाएगी

लम्बी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को रेलवे की ओर से भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा गौरतलब है कि यह निर्णय गृह मंत्रालय के लॉक डाउन संबंधित दिशा निर्देशों में छूट के तहत लिया गया है

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया था रघ् शर्मा ने बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ रेलवे अधिकारियों की बातचीत चल रही है अंतिम निर्णय होने के बाद सभी अप्रवासियों को गंतव्य तक लाया जाएगा

भरतपुर में खेड़ली मोड़ पुलिस चौकी और भरतपुर मथुरा रोड़ पर रारह में चैक पोस्ट बनायी गयी है

मंडियों में किसानों की जिन्स बाजार मूल्य से ज्यादा पर खरीदे जाने की खबर मिली है चूरू सवाईमाघोपुर और दौसा में भी आज से चने और सरसो की खरीद शुरू हुई हैं

सवाईमाधोपुर जिले के मैनपुरा के किसान आसाराम ने कहा कि सरकारी कांटे पर फसल खरीद से किसानों को उपज की उचित कीमत मिल रही है

इनमें सबसे ज्यादा अठारह मामले जोधपुर के है जयपुर में चौदह अजमेर में ग्यारह चित्तौडगढ़ और कोटा में सात सात और राजसमंद में एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हई है इस बीच प्रदेश में अब तक नौ सौ लोग कोरोना संकमण से मुक्त हो चुके हैं वहीं छः सौ चवालीस लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गयी है

उन्होंने बताया कि रेड जोन में भले ही संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं

इन अस्पतालों की सम्बद्धता भी निरस्त की जा सकती है

विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधीन आने वाले लोगों से भी नियमों के विपरीत पैसा वसूला जा रहा है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस संबंध में कार्यवाही के लिए चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने आदेश भी जारी कर दिए हैं

करौली में खेती में काम में आने वाले सामान की दुकान के मालिक नरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने इसके लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया

ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि ब्यूरो के विभागीय और पंजीकृत कलाकारों के दल कोरोना से बचने के लिए लोगों को उन्हीं की भाषा में गीत सुना कर जागरूकता संदेश दे रहे हैं

ब्यूरो द्वारा ट्विटर के माध्यम से इन गीतों को प्रचारित किया जा रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा घोषित रेड जोन ओरेन्ज जोन और ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार गतिविधियां चलेंगी

इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्रमिकों को श्भकामनाए देते हए कहा है कि कोरोना महामारी दौर में केन्द्र और राज्य सरकार श्रमिकों के साथ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिक वर्ग को बधाई देते हए उम्मीद जताई कि प्रदेश में जल्दी ही सभी औद्योगिक गतिविधियां बहाल होगी और श्रमिक फिर से अपने रोजगार से जुड़ सकेंगे

प्रदेश में लॉकडाउन के इस दौर में मजदूरों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग नमाज के लिए मस्जिदों में नहीं जाए और अपने अपने घरों से ही खुदा की इबादत करें

रामायण धारावाहिक ने सर्वाधिक देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है

निगम के चेयरमैन नीरज के पवन ने बताया कि आरएसएलडीसी इस समय कोविड सेनानी बनाने के लिए अपनी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहा है